सत्र के प्रारंभ में सदन में पूर्व दिवंगत सदस्यों को श्रद्वांजलि दी गई सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा के स्टाफ से जुड़े मामले को उठाते हुए कहा कि सरकार विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की राजनीतिक साजिष रच रही है

लेकिन विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इसे खारिज करते हुए सदन के चलने के निर्देष दिए तो समूचा विपक्ष उखड़ गया और बैल में आकर नारेबाजी करने लगे

बैठक इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज विधानसभा सत्र के सुचारू संचालन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ एक बैठक की बैठक में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री मौजूद रहे

बिंदल ने कहा कि सभी सदस्यों के रचनात्मक सहयोग से ही सत्र सफल हो सकता है उन्होंने कहा कि सत्र का व्यापक सद्रपयोग जनहित से जुड़े मुद्दों के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया और सभी उपायुक्तों को जरूरी दिशा निर्देश दिए

जयराम ठाकूर ने कहा कि कई स्थानों पर पर्यटक व स्थानीय लोग फंसे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हैलिकॉप्टर सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि भूस्खलन के कारण फंसे लोग पूरी तरह सुरक्षित है

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेब सीजन को देखते हुए क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मुरम्मत प्राथमिकता के आधार पर करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं उन्होंने चम्बा जिला प्रशासन को मणिमहेश यात्रा के दृष्टिगत यात्रियों की सुरक्षा के लिए सजग रहने के निर्देश भी दिए

उन्होंने दिवंगत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है राज्यपाल ने कहा कि सरकार व प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की बहाली के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं राठौर प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने में नाकाम साबित हो रही है

उन्होंने प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देने ँऔर राहत व प्नर्वास कार्यों को जल्द शरू करने की सरकार से मांग की है

उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकर प्रदेश के किसानों व बागवानों के हित में बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के फसलों व मवेशियों के नुक्सान के लिए आर्थिक सहायता करेंगे मौसम प्रदेश में पिछले दिनों हुई वर्षा से जनजीवन अभी भी बुरी तरह प्रभावित है और राज्य के अधिकांश भागों में आज भी रूक रूक कर वर्षा का कम जारी रहा वर्षा से कई स्थानों पर सड़क मार्ग अवरूद्व हैं जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है चंबा से हमारे प्रतिनिधि विकास ठाकुर ने बताया कि भरमौर चंबा पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग सहित जिले की अन्य संपर्क सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद है